गृह मंत्रालय के जारी परामर्श में कहा गया है कि यह नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक के स्तर के होने चाहिए मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह ऐसे विशेष कार्यबल का गठन कर सके जो दुर्भावनापूर्ण और उत्तेजक भाषण देने और झूठी खबरें फैलाने वालों के विरूद्व गोपनीय सूचनायें एकत्रित कर सके गृह मंत्रालय ने कहा कि पहचान की प्रक्रिया तीन सप्ताह के अंदर हो जानी चाहिए

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कल शिमला में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों विशेषकर लड़कियों को उनके घर द्वार के समीप गुणात्मक शिक्षा देने के लिए वचनबद्व है पेयजल स्रोत कांगड़ा ज़िला सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग ने ज़िले के लोगों से बरसात के दिनों में पेयजल स्रोतों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की है विभाग के एक प्रवक्ता ने कल धर्मशाला में कहा कि विभाग की ओर से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं और पेयजल स्रोतों की साफ सफाई तथा कलोरीनेशन किया जा रहा है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं हालांकि प्रदेश में रूक रूककर मानसून की वर्षा का कम जारी है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार वर्षा से ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया है चंबा के हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि जनजातीय क्षेत्र पांगी के सालीघार और सुराल नाला पर बादल फटने से तीन घराट पूर्ण रूप से एवं दो घराट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं जबकि सल्ली नाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया था उसे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है इसके अलावा सुराल नाला के पास मलबा भरने से हिम ऊर्जा और साच पावर हाउस बंद हो गए हैं इसके अतिरिक्त आसपास की कई पंचायतों को जोड़ने वाला पुल के क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है इस बीच पांगी के आवासीय आयुक्त की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन की एक आपात बैठक ब्लाई गई जिसमें सभी विभागों के अध्यक्षों को सभी कर्मचारियों को काम पर तैनात रहने और आपदा की स्थिति में तुरंत राहत कार्यों में जुट जाने के निर्देश दिए गए मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राज्यों के मैदानी और मध्यम उंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है स्पैशल टास्क फोर्स डालेगी नशे पर नकेल अमर उजाला का शीर्षक है नशा तस्करों को दबोचने के लिए बनेगी एसटीएफ दिव्य हिमाचल के शब्द हैं नशे के खिलाफ सरकार सख्त आपका फैसला लिखता है हिमाचल व पड़ोसी राज्य मिलकर मिटाएंगे नशे का नामोनिशान अजीत समाचार की सुर्खी है नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने हेतु गठित होगी टास्क फोर्स दैनिक भास्कर का कहना है पांच लाख फेमिलीज को मिलेगी पांच लाख रूपए की हेत्थ इंश्यारेंस हिमाचल दस्तक के मुताबिक किसानों को सब्सिडी गरीबों को हैल्थ बीमा युवाओं को स्वरोजगार दैनिक जागरण के अनुसार चिटटे को धूल चटाएगा हिमाचल नारकोटिक्स एक्ट को बनाया जाएगा और सख्त डीजीपी को तीखे निर्देश मनी लॉडरिंग मामले पर अमर उजाला की सुर्खी है वीरमद्र सिंह उनकी पत्नी और बेटे को समन जारी

जबकि आपका फैसला के मुताबिक वीरभद्र सिंह पत्नी व बेटे को समन पाटियाला हाउस कोर्ट का फरमान

दिव्य हिमाचल के अनुसार पांगी उदयपुर में फटा बादल मची तबाही अमर उजाला का शीर्षक है पांगी में दो जगह फटे बादल दो पुल धवस्त तीन घराट बहे पंजाब केसरी ने लिखा है उदयपुर में बादल फटा अंधेरे में डूबी लाहौल घाटी बच्चे का टीकाकरण पूरा नहीं तो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं हिमाचल दस्तक की एक खबर है

हिमाचली शूटर विजय के नाम पर एमपी में शूटिंग रेंज दिव्य हिमाचल की एक खबर है जयराम सरकार के कामकाज पर सवाल शीर्षक से अजीत समाचार लिखता है हाईकमान ने मांगी रिपोर्ट सुशासन में हिमाचल अव्वल दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय शिक्षा में सुधार में लिखा है कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी का पाठयकम लागू करने से शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने के लिए लिया गया ये फैसला निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा